आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों समेत कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं इस बार बहुत कुछ खुल चुका है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है खुल गया है ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है दो गज की दूरी का नियम हो मुंह पर मास्क लगाने की बात हो हो सके तो वहां तक घर में रहना हो ये सारी बातों का पालन उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से यह दुनिया के अन्य भागों में फैला प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की मृत्युदर भारत में बहत कम है

उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्मः में ही जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्य और सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं प्रधानमंत्री ने लाखों मजदूरों को ट्रेनों और बसों से सकुशल उनके घरों तक ले जाने में दिन रात लगे कर्मचारियों की सराहना की उन्होंने मजदूरों के लिए हर जिले में भोजन और क्वारंटीन की व्यवस्ध्था कर रहे लोगों की भी प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परि दृश्य हम सब के लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है श्री मोदी ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम नये समाधान खोजें उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाये हैं श्री मोदी ने बताया कि केन्द्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिये है जिनसे ग्रामीण रोजगार स्व रोजगार और लघु उद्योगों के लिए नये अवसर खुले हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा श्री मोदी ने कहा देश के कई भागों में टिड्डी दलों का प्रकोप फैला हुआ है उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारें कृ धि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को इसके प्रकोप से बचाया जाए

पूर्णबंदी का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में कल से पूर्णबंदी खोलने का पहला चरण शुरु होगा ग्रीन और ऑ रेंज जोन में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी शेष गतिविधियां आठ जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएंगी गृह मंत्रालय दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी ल ॉकडाउन तीस जून तक बढ़ा दिया गया है लेकिन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से बाहर चरणबद्व तरीके से लॉकडाउन खोलने की अनुमति होगी नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान आठ जून से धार्मिक स्थल होटल रेस्त्रां और अन्य आवभगत सेवाओं तथा शॉपिंग मॉल में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी संबंधित पक्षों के सुझाव से इन गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी इनका उद्देश्य सुरक्षित दूरी बनाए रखना और कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकना है दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सलाह मशविरा करने के बाद स्कूल क ॉलेज प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा वहीं गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किये हैं ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे इसके तहत मास्क लगाना या चेहरा ढंकना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध होगा

सार्वजनिक स्थलों पर शराब पान गुटखा और तंबाकू के सेवन पर भी पाबंदी होगी जितना संभव हो घर से कार्य करने और कार्यालय और वेबसाइट प्रतिष्ठानों में काम की अवधि को बांटने के लिए कहा गया है इसके अलावा सभी प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी दफ्तरों में कर्मियों और कार्य अवधि के बीच पर्याप्त अंतर रखने का भी निर्देश दिया गया है लोगों से सार्वजनिक जगहों पर दो गज की दूरी का ख्याल रखने को भी कहा गया है

जशपुर में सोलह महासमुंद में बारह रायपुर और कोरबा जिले में दो दो तथा बिलासपुर में एक कोरोना पॉजीटिव मरीज मिला है इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या तीन सौ चौहत्तर हो गई है जशपुर जिले में आज कोरोना के सबसे अधिक सोलह मरीजों की पुष्टि हुई है इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर बत्तीस हो गई है प्रशासन द्वारा संबंधित इलाकों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करते हए निगरानी बढा दी गई है वहीं महासमुंद जिले में भी कोरोना संक्रमित बारह नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेरह हो गई है इसी तरह रायपुर में आज कोरोना संक्रमित दो मरीजों के मिलने के बाद देवेन्द्र नगर और फाफाडीह क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर सैनिटाईजर का छिड़काव किया जा रहा है कल चंगोराभाठा में भी नए मरीज मिलने के बाद इस इलाके को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया

कलेक्टर ने जिले के अन्य गांवों के क्वारेंटाइन सेंटरों में रह रही गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें जिला मुख्यालय में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं इधर दुर्ग स्थित विज्ञान विकास केन्द्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो सौ बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया था उसे चरितार्थ करके दिखाया है डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीते एक साल मोदी सरकार ने विकास के नये अध्याय लिखे हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीति और निर्णयों ने गांव और शहर के बीच की खाई को कम कर दिया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया है राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि क्वारेंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम है प्रदेश में आर्थिक आपातकाल की रिथिति निर्मित हो गई है और राज्य सरकार जिस तरह से निर्णय ले रही है उससे प्रदेश में बेरोजगारी को बढावा मिलेगा स्वास्थ्य मंत्री पत्र स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के सभी सांसदों विधायकों और जिला पंचायत अध्यक्षों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए स्थापित विशेष अस्पतालों और क्वारेंटाइन सेंटरों के बेहतर प्रबंधन तथा व्यवस्था के लिए सुझाव मांगे हैं उन्होंने इन अस्पतालों और क्वारेंटाइन सेंटरों से संबंधित शिकायतों तथा त्रटियों की जानकारी भी साझा करने का आग्रह किया है ताकि जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें

रायपुर जिले के प्रभारी कलेक्टर ने बताया कि झारखंड के ऐसे मजदूर और नागरिक जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में फंसे हैं वे अपनी वापसी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से तत्काल संपर्क कर सकते हैं ताकि उन्हें इन बसों के माध्यम से वापस झारखंड भेजा जा सके रायपुर में ये बसें राधास्वामी सत्संग व्यास धरमपुरा में आएंगी रायपुर से झारखंड जाने के उत्सुक श्रमिक मोबाइल नंबर सात पांच आठ सात सात सात सात सात दो शून्य पर संपर्क कर सकते हैं छत्तीसगढ़ टिड्डी दल छत्तीसगढ़ में कल रात से टिड्डी दल पहुंच गया है सूचना के अनुसार टिड्डियां पड़ोसी मध्यप्रदेश से राज्य के कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड में पहुंची हैं हमारी संवाददाता ने बताया कि भरतपुर विकाखंड के ज्वारीटोला पुनची और घोड़धारा के जंगलों में टिड्डी दल के पहुंचने के बाद मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका की फायर बिग्रेड की टीम द्वारा कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव किया जा रहा है कृषि राजस्व उद्यानिकी पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है

इस बीच पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डी दल के हमले के बाद छत्तीसगढ़ के कृ धि विभाग ने पहले ही सीमावर्ती जिलों के किसानों को सचेत कर दिया था राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि टिड्डी दल के हमले से फसलों को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कृ धि विभाग से कहा गया है कि वह पर्याप्त मात्रा में कीटनाशकों की व्यवस्था करे टिड्डी दल के प्रदेश में प्रवेश की संभावना को देखते हुए रायपुर जिले में भी जिला और विकासखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दलों का गठन किया गया है जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के लिए चालू वित्तीय वर्ष की साढ़े तीन हजार करोड़ रूपये की कार्ययोजना को केन्द्र सरकार ने सैद्वांतिक सहमति दी है जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल के जरिये पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा

ग्राम सभा प्रदेश में वनों के संरक्षण और प्रबंधन में ग्रामीणों की भागीदारी और लघु वनोपज के उचित दोहन के लिए ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन अधिकार दिया जाएगा इसके लिए प्रक्रिया तैयार कर ली गई है वन विभाग को सामुदायिक वन अधिकार संसाधन के मामलों के लिए नोडल विभाग बनाया गया है पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि सामुदायिक वन अधिकार के लिए गांव की पारंपरिक सीमा का निर्धारण किया जाएगा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के लिए समिति भी गठित की जाएगी मुख्यमंत्री पुलिस तनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस और अर्द्दसैनिक बलों के जवानों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए पुलिस महानिदेशक को विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए हैं श्री बघेल ने कहा है कि सुरक्षा बलों के जवानों में तनाव और मामूली बातों पर विवाद के कारण कई बार हिंसक घटनाएं हो जाती हैं जिसका खामियाजा उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों को छुट्टी देने की प्रक्रिया को भी और सरल बनाना होगा गौरतलब है कि कल नारायणपुर जिले में स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कैम्प में जवानों के बीच आपसी झड़प में दो जवानों की मौत हो गई थी वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया तम्बाकूरोधी दिवस आज विश्व तम्बाकूरोधी दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी तम्बाकू और धूम्रपान से जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले दृष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है समाज कल्याण विभाग के संचालक ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर धूम्रपान की रोकथाम के संबंध में व्यापक प्रचार और जन जागरूकता के निर्देश दिए हैं

मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है इस बीच कल एक जून को मानसून के केरल में प्रवेश करने की संभावना है

इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है वहीं राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र के काशीटोला गांव में कल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अट्ठाईस बकरियों की मौत हो गई

उन्हें संसदीय कार्य के साथ स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा गया है